इस अवसर पर राज्यभर में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज प्रदेश में एकता दौड़ के आयोजन किये गये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश में श्रद्वांजलि सभाएं की गई

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कल मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जायेगा

स्थापना दिवस के मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे इसके अंतर्गत सुबह नौ बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा साथ ही राष्ट्रगान होगा इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यकम भी आयोजित होंगे कार्यक्रम का समापन मध्यप्रदेश गान से होगा इस मौके पर राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में संस्कृति विभाग द्वारा दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है पहले दिन उत्सव की शुरूआत पारम्परिक नृत्यों से होगी इसके बाद मध्यप्रदेश गान बांसुरी वादन और शास्त्रीय गायन मध्यप्रदेष का स्थापना दिवस कल एक नवम्बर को आगरमालवा जिले में भी समारोह पूर्वक होगा

स्थापना दिवस का मुख्य समारोह पुरानी कृषि उपज मंडी में होगा जहां ध्वजारोहण किया जाएगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगें कलेक्टर अजय गुप्ता ने जिले के सभी शासकीय विभागों के विभाग प्रमुखों को कार्यालय एवं भवनों पर कल एक नवम्बर की रात्रि में आकर्षक रोषनी करने के निर्देष दिये है राजभवन ई आफिस राजभवन में ई आफिस व्यवस्था को प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर कल से लागू किया जा रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर राजभवन में अब कम्प्यूटर के माध्यम से फाईलों का मूवमेंट होगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई आफिस व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा चुका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के नर्मदा जिले के केवडिया में राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया

यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल की एक सौ तेंतालीसवीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की यह प्रतिमा विश्व को साहसी पुरूष की याद दिलायेगी जिसने भारत को विखंडित करने के प्रयासों को विफल किया इस मौके पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल के मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई वहीं मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई

लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की जंयती के मौके पर ग्वालियर में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया कटनी में भी आयोजित रन फॉर यूनिटी में स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लेकर एकता और अखण्डता का संदेश दिया आगरमालवा जिला मुख्यालय पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया नगर के छावनी स्थित गाँधी उपवन से विजय स्तम्भ तक हुई इस दौड़ में विद्यालय एवं महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं समाजसेवी संस्थाओं के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया वही अनूपपुर गुना उमरिया खंडवा नरसिंहपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता और अखण्डता की शपथ दिलाई गई इंदिरा गांधी देश में आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्वांजलि अर्पित की गई मुख्य कार्यकम आज दिल्ली के राजघाट स्थित उनकी समाधि पर हुआ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की गई विभिन्न जिलो में भी श्रीमती गांधी को याद कर उन्हें नमन किया गया आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सेवादल द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने श्रीमती गांधी को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की इस मौके पर रक्तदान षिविर भी आयोजित किया गया सतना जिले में भी कांग्रेस के विभिन्न संगठनों द्वारा श्रीमती गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही उनके बताये मार्ग पर चलने की शपथ ली गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उमरिया नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं

उमरिया के दो निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनावी तैयारियां जोरशोर से जारी है

खंडवा में भी आयोग ने एक नई पहल की है

इन केन्द्रों पर आधार के लिये पंजीयन और संबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी

यह केन्द्र मौजूदा समय में बैंकों डाकघरों और सरकारी परिसरों में चलाये जा रहे केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे मतदाता जागरूकता प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं खंडवा जिले में मतदाता जागरूकता के लिये कल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित काव्य पाठ किया जायेगा वहीं ग्राम तिरंदाजपुर में निमाड़ी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जायेगा वहीं जिले में नये मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित करने ईवीएम और वीवीपेट मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है इसी कम में आज जीडीसी कॉलेज में प्रदर्शन कर लोगों को जागरूक किया गया इसके साथ ही गुजरखेड़ी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई नीमच जिले में चलाये जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता रैली निकाले जाने के साथ ही रन फॉर वोट का आयोजन भी किया गया अनूपपुर जिले की नगर परिषद अमरकंटक में अधिक से अधिक मतदाताओं पर मतदान का संदेश पहुंचाने के लिये हॉट एयर बैलून का उपयोग किया जा रहा है इन बैलून में मतदाताओं को लोकतंत्र के भाग्य विधाता होने का संदेश दिया गया है

जिले के विकास खण्ड जैतहरी में कल जागरूकता रैली का आयोजन किया जायेगा जिसमें स्थानीय शासकीय और निजी विद्यालयों के स्काउट गाइड और प्रशिक्षकों द्वारा नुक्कड़ नाटक मतदाता जागरूकता गीत पोस्टर बैनर के माध्यम से मतदान का महत्व बताकर मतदान करने के लिये प्रेरित किया जायेगा वहीं देवास जिले के हाटपीपल्या में वाहन रैली निकालकर और रंगोली प्रतियागिता आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया

जिनमें सभी चुनाव कर्मचारी महिलाएं होंगी शिवपुरी जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत चलाये जा रहे जागरूकता अभियान में सामाजिक न्याय विभाग के कलाकारों द्वारा मतदाताओं को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है इस दल के कलाकारों ने मतदान से संबन्धित गाने बनाये हैं जो गांवों में लोगों को सुनाकर अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित करते हैं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाती है

केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया

इसका उद्घाटन पंडित रविशंकर शुक्ल और डाक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था आकाशवाणी भोपाल के पहले केन्द्र प्रमुख गिरजा कुमार माथुर थे

नक्सली हमला छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू के नक्सली हमले में शहीद होने पर आज भोपाल में फेंड्स ऑफ फ्री मीडिया द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया इस सभा में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में पत्रकारों की सुरक्षा के उपाय करने की मांग की सभा के अंत में दो मिनट का मौन भी रखा गया आचार संहिता मुरैना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव ने कहा है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने की हर गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराएगी पार्टी ने यह जानकारी आज भोपाल में संवाददाताओं को दी आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मामले से संबंधित तथ्यों को चुनाव आयोग को सौंपा जायेगा

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा आयोजित इस व्याख्यान के अतिथि गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉ मुकुन्ददास महाराज और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन के निदेशक डॉ भगवतीलाल राजपुरोहित होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के क्लपति प्रो रमेशचन्द पांडा करेंगे